प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान का कल अंतिम दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध और राज्य में हिम केयर योजना के तहत डेढ़ लाख से अधिक लोगों को मिली निशुल्क उपचार की सुविधा कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाने की ज़रूरत है

बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू स्तर पर जुरूरत के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास चल रहे हैं इसके साथ ही ज़रूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है

सभी स्थानों पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

मतदान दलों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया गया है ताकि मतदान संक्रमण मुक्त सम्पन्न हो सके

भाजपा कांग्रेस इस बीच नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी नगर निगम चुनाव क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर क्षेत्र विशेष के विकास के बेतुके आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरह निराधार है उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुनकर आता है वहां का विकास करवाना उसकी प्राथमिकता होती है उन्होंने मण्डी के साथ भी भेदभाव के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ सराज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में ही विकास हो रहा है और बाकी क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है

उन्होंने भाजपा पर नगर निगम चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का भी आरोप लगाया दृष्टि पत्र भाजपा ने नगर निगम धर्मशाला चुनाव के लिए आज अपना दृष्टि पत्र जारी किया पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इसे जारी किया मीडिया से बातचीत में सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है और निगम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा उन्होंने उम्मीद जताई कि निगम चुनावों में भाजपा समर्थित पार्षद जीत कर आएंगे और विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे सुक्खू पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नादौन के विधायक सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी को देखते हए कांग्रेस पार्टी धर्मशाला नगर निगम में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी उन्होंने कहा कि चुनाव के अंतिम दिन ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन तीन दिनों में जो थोड़े बहत मनमुटाव हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा के भी कुछ लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं उनसे भी संवाद स्थापित किया जाएगा राणा सोलन नगर निगम चुनाव के कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र राणा ने विकास के मामले में भाजपा सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है सोलन में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केवल कर्ज के दम पर ही चल रही है छात्रावास मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सुंदरनगर में आज राजकीय बहतकनीकी महाविद्यालय के कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्व है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें मुख्यमंत्री ने भंगरोट्र में निर्माणाधीन मेक शिफ्ट प्री फैब्रिकेटिड अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारकण्डा भी इस दौरान मौजूद रहे

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज अनाडेल में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि अनाडेल वार्ड में सौ गाड़ियों के लिए पार्किंग का निर्माण जल्द किया जाएगा हिम केयर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सहारा बन रही है

हिम केयर योजना के लिए पंजीकरण हर वर्ष जनवरी से मार्च माह के बीच किया जाता है

जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे

मृतकों में दो महिलाएं और एक युवती शामिल हैं और ये सभी कांगड़ा ज़िले के द्रम्मण की रहने वाली थीं घायलों को टाण्डा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है संचार सुविधा जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले एक वर्ष में संचार सुविधा काफी हद तक सुदृढ़ हुई है लेकिन चौखंग और नैनगाहर क्षेत्र आज भी इस सुविधा से वंचित हैं इस क्षेत्र में प्रसिद्व धार्मिक पर्यटन स्थल नीलकंठ महादेव की पवित्र झील होने के कारण गर्मियों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचते हैं संचार सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र में जल्द संचार सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है